राष्ट्र ने कल राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर देश की बेटियों की उपलब्धियों की सराहना की उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा प्रदेश हर क्षेत्र में कर रहा है बेहतर कार्य

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि गणतंत्र दिवस की परेड भारत की महान सामाजिक सांस्कृतिक विरासत और सामरिक शक्ति तथा विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के संविधान के प्रति नमन का प्रतीक है गणतंत्र दिवस की परेड में हिस्सा लेने आए राष्ट्रीय कैडेट कोर और राष्ट्रीय सेवा योजना के कैडेट तथा झांकियों के कलाकारों से अपने आवास पर बातचीत करते हुए श्री मोदी ने कहा राजप्थ पर जब आप जोश के साथ कदम ताल करते हैं तो हर देशवासी जोश से भर जाता है जब आप भारत की समृद्व कला संस्कृति परम्परा और विरासत की झांकी दिखाते हैं तो हर देशवासी का माथा गौरव से और ऊंचा हो जाता है प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में बहुत सारी भाषाएं बोलियां तथा विभिन्न तरह के खान पान हैं लेकिन भारत एक है भारत यानी कोटि कोटि सामान्य जन के खून पसीने अकांक्षायों और अपेक्षाओं की सामुहिक शक्ति है राज्य अनेक राष्ट्र एक समाज एक भाव अनेक पंथ अनेक लक्ष्य एक रिवाज अनेक मूल्य एक भारत यानी भाषाएं अनेक अमिव्यक्ति एक प्रधानमंत्री ने कहा कि हम में से हर किसी को देश की आजादी की लड़ाई में बलिदान देने का अवसर नहीं मिला लेकिन देश ने हमें हर तरह के अवसर उपलब्ध कराए हमें देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौष्ठावर करने का अवसर नहीं मिला क्योंकि हम में से अधिकतर लोग आजादी के बाद पैदा हुए हैं लेकिन हमें देश ने अपना सर्वश्रेष्ठ अर्पित करने का अवसर जरूर दिया है हम जो भी देश के लिए अच्छा कर सकते हैं भारत को मजबूत बनाने के लिए कर सकते हैं तो हमें करते ही रहना चाहिए प्रधानमंत्री ने कहा कि वोकल फॉर लोकल की भावना से मजबूती आएगी और एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना सशक्त होगी उन्होंने कहा कि विभिन्न राज्यों के उत्सवों और परम्पराओं के संबंध में और ज्यादा जागरूक होना चाहिए विशेषतौर पर आदिवासियों की समृद्व परम्पराओं कलाओं और शिल्प से राष्ट्र बहत कृष्ठ सीख सकता है प्रधानमंत्री ने कहा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान इस दिशा में बढ़ने में मदद कर रहा है उन्होंने कहा कि वर्ष दो हजार चौदह में कौशल की उपयोगिता को देखते हुए कौशल विकास के लिए अलग मंत्रालय का गठन किया गया और अभी तक तकरीबन साढ़े पांच करोड़ युवाओं को विभिन्न कला और कौशल में प्रशिक्षित किया जा चुका है श्री मोदी ने कहा कि भारत केवल कहने के लिए ही आत्मनिर्भर नहीं होगा प्रधानमंत्री ने कहा कि यह युवाओं के द्वारा संभव होगा और वे अपने आवश्यक कौशल के साथ अच्छा प्रदर्शन कर सकेंगे उन्होंने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कौशल पर ध्यान केन्द्रित किया गया है और व्यावहारिक ज्ञान पर जोर दिया गया है उन्होंने कहा कि इस नीति का एक प्रमुख पहलू विषय चयन के लिए अपनाया गया लचीला रुख है

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कल राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों में शानदार उपलब्धि हासिल करने के लिए देश की बेटियों की सराहना की है एक ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने लडकियों के सशक्तिकरण उनकी शिक्षा और बेहतर स्वास्थ्य सेवा तथा भेदभाव समाप्त करने की दिशा में कई कदम उठाए हैं श्री मोदी ने कहा कि यह दिन लडकियों के सशक्तिकरण के लिए काम करने वालों तथा उन्हें सम्मान के साथ जीवन में समान अवसर दिलाने वालों की सराहना का दिवस भी है आज भी हमारे देश में एक हजार बालक पैदा हो तो उसके सामने एक हजार बालिकाएं भी पैदा होनी चाहिए वर्ना संसार चक्र नहीं चल सकता आज प्ररे देश में ये चिंता का विषय है

रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने इस अवसर पर देश की सभी बेटियों को शुभकामनाएं दी हैं अपने ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा कि बेटियां हमारे परिवार समाज और देश का गौरव हैं उन्होंने कहा कि आज लडकियां देश की रक्षा सहित जीवन के हर मोर्चे पर सकारात्मक भूमिका निभा रही हैं श्री सिंह ने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढाओ अभियान से नये भारत की बुनियाद मजबूत हो रही है

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ स्थित अवध शिल्प ग्राम में उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस का उद्घाटन किया इस अवसर पर उन्होंने भारत का गौरव बढ़ाने वाले प्रदेश के खिलाड़ियों और विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले युवाओं को सम्मानित किया मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश देश का हदय स्थल है और यह भारत की संस्कृति सभ्यता और स्वाधीनता आन्दोलन का केन्द्र भी रहा है

इस स्थापना दिवस कार्यक्रम के अवसर पर अनेक प्रकार की प्रतिभायों को जिन्होंने समाज जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में कुछ करके दिखाया है

उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर प्रदेश के सभी जनपदों में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया देश भर में आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जा रहा है इसका उद्देश्य मतदाताओं विशेषकर नये मतदाताओं को प्रोत्साहन और सुविधा देने के साथ साथ अधिक से अधिक संख्या में उन्हें मतदाता सुची में शामिल करना है निर्वाचन आयोग की स्थापना के उपलक्ष्य में हर साल पच्चीस जनवरी को देशभर में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इस अवसर पर नई दिल्ली में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय समारोह में मुख्य अतिथि होंगे इस बार के राष्ट्रीय मतदाता दिवस का मुख्य विषय देश के मतदाताओं को सशक्त सतर्क सुरक्षित और जागरूक बनाना है प्रदेश में सिविल सेवा एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए राज्य सरकार अम्युदय योजना के अंतर्गत निःशुल्क कोचिंग सेन्टर की सुविधा उपलब्ध करायेगी कल लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस समारोह के दौरान इसकी घोषणा की इस योजना के अंतर्गत हर मण्डल मुख्यालय पर निःशुल्क ऑफलाइन और ऑनलाइन के माध्यम से विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के पाठ्यक्रम और परीक्षा पैटर्न के संबंध में अम्यर्थियों को पूरी जानकारी दी जायेगी इसके लिए राज्य स्तर पर ई लर्निग कंटेंट प्लेटफार्म बनाया जा रहा है इसमें प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा अपने अनुभव साझा करते हुए वीडियो अपलोड किये जायेंगे साथ ही विभिन्न उच्चस्तरीय कोचिंग संस्थानों की पाठ्य सामग्री भी उपलब्ध करायी जायेगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जम्मू में कर्तव्य पालन के दौरान वीरगति को प्राप्त हुए सहारनपुर के सेना के जवान निशान्त शर्मा के शौर्य और वीरता को नमन करते हुए उन्हें भावमीनी श्रद्वांजलि दी है मुख्यमंत्री ने शहीद के परिजनों को पचास लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करने की घोषणा की है